नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों ने किया नामांकन

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही है बारिश

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों में इस चरण के तहत मतदान होना है नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और उनतीस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इस चरण के तहत अठारह अप्रैल को मतदान होना है इधर पहले चरण के लिए नामांकन पर्चा भरने का काम कल समाप्त हो गया आज नामांकन पत्रों की जांच होगी वहीं अट्ठाईस मार्च तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे पहले चरण के तहत सबसे अधिक नवादा से अठारह उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है वहीं औरंगाबाद से सोलह गया से चौदह और जमुई से बारह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं इन लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुल साठ उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है पहले चरण के तहत होने वाले नवादा विधानसभा उप चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे श्री सिंह ने कहा कि वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी जायेगी उसका वे पालन करेंगे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा है कि वे अब सिर्फ मधेप्ररा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उन्होंने कहा कि पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले को उन्होंने बदल दिया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उजियारपुर लोकसभा सीट के लिए अजय कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है पार्टी के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पार्टी बेगूसराय में सीपीआई को और आरा तथा सीवान में भाकपा माले को अपना समर्थन देगी राजद ने प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी दी है सूची में राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव समेत चालीस नेता शामिल हैं इसमें पार्टी नेत्री और सांसद मीसा भारती को जगह नहीं मिली है मतदान के दिन संबंधित लोकसभा क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले इलाके में सरकारी कर्मियों के लिए सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश रहेगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त और राज्य स्तरीय दल निबंधित अमान्यता प्राप्त दल और मुक्त प्रतीकों की संशोधित सूची जारी कर दी है आयोग की ओर से एक सौ अठानवे प्रकार के प्रतीक चुनाव चिन्ह में शामिल किये गये हैं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के द्वारा मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों और गुरूद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा वहीं किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्रचार सामग्री लगाने के लिए संपत्ति के मालिक से अनुमति लेनी होगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी थानों को संगीन मामलों में छह महीने या उससे अधिक समय से फरार चल रह आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती समेत अन्य स्तरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है साथ ही लंबे समय से वांछित अपराधियों को फरार घोषित किया जायेगा और उन पर इनाम की घोषणा की जायेगी पुलिस मुख्यालय प्रदेश के थानों की स्टेशन डायरी को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर रखेगा पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने बताया कि थानों के दैनिक गतिविधियों को पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से तत्काल कहीं से भी किसी भी स्टेशन डायरी को देखना संभव हो सकेगा पटना रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार दो संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकियों की एनआईए की विशेष अदालत में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है आज एटीएस की ओर से पन्द्रह दिनों की पुलिस रिमांड के आवेदन पर अदालत में सुनवाई होगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आतंकियों के पास से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले से जुड़े कई कागजात आतंकी संगठन आईएसआईएस के कई पोस्टर दो फर्जी भारतीय मतदाता पहचान पत्र एक पैन कार्ड ट्रेन टिकट तीन मोबाईल फोन और मेमोरी कार्ड बरामद किये गये हैं

न्यायाधीश ज्योति शरण और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को पन्द्रह अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है

नई दिल्ली की साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है

परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा एक से लेकर आठ तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है इस संबंध में बोर्ड ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है जारी आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी तरह प्रायोगिक रहेगी और इसे मुख्य विषय के तौर पर लागू किया जायेगा पटना जिले के भदौर थाने के वकामा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है

मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाने के मालखाने में रखे गये हथियार जेवरात नकदी और मोबाईल समेत अन्य समान चोरी होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कांग्रेस द्वारा न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा को सुर्खी बनाते हुए लिखा है राहुल का दांव गरीबों को बहत्तर हजार सालाना देंगे जेटली का वार न्यूनतम आय गारंटी की बात गरीबों से छलावा दैनिक जागरण ने इस खबर पर भाजपा नेता अरुण जेटली के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है मोदी सरकार दे रही सालान एक लाख से ज्यादा दैनिक भास्कर ने लिखा है बिहार के बौद्ध स्थलों को दहलाने की साजिश रच रहे दो बांग्लादेशी आतंकी पटना में गिरफ्तार प्रभात खबर की सुर्खी है पहले चरण का नामांकन खत्म दो को गया जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं आज लिखता है खगड़िया से लोजपा प्रत्याशी होंगे महबूब अली कैसर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बख्तियारपुर में ट्रक ऑटो की टक्कर में पांच मरे

नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों ने किया नामांकन

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हो रही है बारिश